इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्च्यअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावको के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया उन्हें भी मास्क दो गज की दूरी और बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियां नहीं छोड़नी चाहिए

उन्होंने कहा हम प्रतिदिन सात लाख लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते है

इस बीच स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आज जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जयपुर जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले की जनता से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है श्री नेहरा ने बताया कि निजी संस्थाओं सोसाईटियों के आग्रह पर जिला प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सिनेशन के लिये विशेष शिविर आयोजित किये जा सकते हैं

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पात्र लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है उन्होंने ट्वीट में बताया कि यदि वैक्सिन लगने के बाद कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती

प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन भी सतर्क हो गया है ब्रूदी में जिला प्रशासन की ओर से आज जागरूकता रैली निकाली गई और मास्क वितरण किये गये करौली में जिला कलक्टर सिद्वार्थ सिहाग ने लोगों से मास्क लगाने और टीकाकरण करवाने का आहवान किया है सवाईमाधोपुर में जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की इसमें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए शहर और कस्बों को सैक्टर में बांटकर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए बीकानेर में कोविड गाइडलाईन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये गये झालावाड में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों व्यापार संघ और धार्मिक संघठनों की बैठक आयोजित कर कोविड गाईड लाईन की पालना के निर्देश दिये गये

ट्रस्ट द्वारा श्रद्वालुओं से इस दौरान कैलादेवी नहीं आने की अपील की गई है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

जिसमें जांच दवाईयां उपचार सभी शामिल होगा

भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा चूरू जिले की सुजानगढ़ तथा राजसमंद में कांग्रेस तथा भाजपा प्रत्याशियों के साथ पार्टी के विधानसभा प्रभारी तथा अन्य वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में जूटे हैं

मौसम विभाग ने कल भी कोटा ब्रंदी सवाईमाघोपुर झालावाड़ धौलपुर ब्रंदी करौली बारा चित्तौडगढ़ बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर तथा बीकानेर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी केकया है